इस घटना में एक पुलिस इंसपेक्टर और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था लखनऊ में कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया पुलिस ने दर्ज कराया है मुकदमा वहां के चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराया है

मुख्य आरोपी योगेश राज अभी फरार है उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है स्याना थाने में सत्ताईस लोगों और पचास से साठ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोडकर ने आज स्याना का दौरा किया इलाके में स्थिति नियंत्रण में है बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात स्थिति की समीक्षा की उन्होंने मारे गए इंसपेक्टर के परिवार को पचास लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक को अड़तालिस घंटे में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी हिंसा की घटना की जांच के लिए मेरठ रेंज के महानिरीक्षक की निगरानी में एक विशेष जांच दल का भी गढन किया गया है

श्री एंतोनियो ने पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र कोप ट्वेन्टी फोर जलवाय् परिवर्तन सम्मेलन में पत्रकारों को यह जानकारी दी श्री एंतोनियो से जलवाय् परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में धर्म की भूमिका पर सवाल पूछा गया था दोनों नेताओं ने हाल ही में अर्जेटीना में जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन के दौरान पेरिस जलवाय समझौते और इसके लिए भारत के समर्थन पर विचार विमर्श किया था श्री एंतोनियो ने पेरिस समझौते पर भारत के योगदान के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने युवाओं को नसीहत दी है कि वह महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रेरणा लेकर देश के लिए बड़ी कुर्बनी को तैयार हों उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बनी देने की प्रेरणा देता है डॉ रमन सिंह आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कालेज परिसर में आयोजित महाराणा प्रताप रिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन के दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थापक समारोह मनाने और इसके तहत शोभा यात्रा निकालने का एक बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व बताना है साथ ही इसकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना है उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता की स्थिति अराजकता की वजह बनती है और अराजकता किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं श्री योगी ने कहा कि जीवन में अगर प्रगति करनी है तो अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा महाराणा प्रताप रिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करते हए प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि वह पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जांच एजेंसियों को सबसे अधिक कार्यक्शलता बनाये रखनी चाहिए और उन्हें अपराध का पता लगाने के उद्देश्य के लिए ही काम करना चाहिए वे आज नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय के इकसठवें स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे वित्त मंत्री ने भरोसा जताया की निदेशालय अपने कार्यकलापों के उच्च स्तर को बनाये रखेगा

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी श्री पांडे ने कहा कि कर से आई हई अधिक धनराशि को लौटाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सुचारू तथा पूरे तौर पर ऑनलाइन और करदाताओं के अनुकूल बनाया जा रहा है राजस्व सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार जीएसटी एकत्रित करने के लिए बजट के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी